माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हॉई स्कूल परीक्षा के परिणाम कल किये जाएंगे घोषित राज्य में पहली बार उमरिया जिले में महिलाओं को मनरेगा मेट बनाकर किया आत्मनिर्भर लेह दौरा पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मां भारती के सम्मान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का साहस बलिदान और समर्पण अतुल्य है लद्दाख दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने निमू में भारतीय सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सैनिकों का साहस उन चोटियों से भी उंचा है जिनकी रक्षा के लिए ये तैनात हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया से गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कमजोर लोग कमी शांति की पहल नही कर सकते क्योंकि शांति के लिए पहली शर्त बहादरी है उन्होंने कहा कि विश्य युद्व के दौरान हो या शांतिकाल के दौरान जब कभी भी जरूरत पड़ी दुनिया ने हमारी बहादुरी की विजय देखी है और शांति के लिए उनके प्रयास भी देखे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासियों ने मानवता की बेहतरी के लिए कार्य किया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि श्री मोदी लद्दाख में सेना वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं

इस अवसर पर आज भोपाल स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई इसमें मुख्य रूप से सौ दिन की राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया प्रदर्शनी के बाद वर्चुअल रैली आयोजित की गई जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे

इस बीच राज्य में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है

मंदसौर अभियान के तहत घर घर सर्वे किया जा रहा है

छिंदबाड़ा जिले के चोरई और पांडूरणा में दो नये मरीजों का पता चला है

रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किल कोरोना अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि संकमण रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है

वहीं रतलाम जिले में दो नये मरीज मिले हैं बैतूल में जिला स्तरीय अधिकारी अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे निवाड़ी में डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी ने सर्वे दलों के साथ घर घर जाकर लोगों की स्क्रिनिंग कराई

तीन साल में यह यन विकसित होगा और शहर के लिए ऑक्सीजन देने का काम करेगा